प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना से उन युवाओं महिलाओं और लोगों को नये अवसर मिले हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत बारह करोड़ लाभार्थियों को छह लाख करोड़ रूपये के मुद्रा ऋण बांटे गये हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि पचहत्तर प्रतिशत ऋण युवाओं और महिलाओं को दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आसानी से ऋण मिला है

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने समर्थन के लिए सम्पर्क अभियान की शुरूआत की अमित शाह ने दिल्ली में पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के निवास स्थान से इसकी शुरूआत की अभियान के तहत श्री शाह कम से कम पचास लोगों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेंगे केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से लेकर पंचायत सदस्यों सहित भाजपा के लगभग चार हजार कार्यकर्ता देश भर में एक लाख ऐसे लोगों से भी सम्पर्क करेंगे जो सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए अपने अपने क्षेत्र में पहचाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर समर्थन के लिए सम्पर्क अभियान आरंभ किया है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर दो करोड़ बासठ लाख जाली राशन कार्ड का पता चला है श्री पासवान ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर लगभग बारह करोड़ फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया गया है और सही लोगों को सस्ते दर पर अनाज देने की योजना का लाभ मिल रहा है इससे लगभग सत्रह हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है श्री पासवान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के चार साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि गरीबों को सस्ता अनाज मिलता रहेगा उन्होंने कहा कि एक जून दो हजार उन्नीस तक एक रूपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज दो रूपये प्रति किलो की दर से गेहूॅ और तीन रूपये प्रति किलो की दर से चावल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी उन्होंने कहा कि बरौनी और सिंदरी के रासायनिक खाद कारखाने को फिर से चालू करने का काम जल्द शुरू होगा केन्द्रीय उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने आज कहा कि मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों का विकास हुआ है श्री मंडाविया ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने पर तेजी से काम हो रहा है और दो हजार बाईस तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा केन्द्र में मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्वी विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं का स्वागत किया इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में बाईस करोड़ परिवारों के जीवनस्तर में सुधार आया है राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में ग्रूप डी को समाप्त कर इसे ग्रूप सी में समायोजित करने का निर्णय लिया है राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के फैसले पर मुहर लगा दी गयी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर एक जनवरी दो हजार सोलह के प्रभाव से राज्यकर्मियों का वेतन पुनरीक्षित किया गया है उन्होंने कहा कि इसी के परिणाम स्वरूप राज्य की सेवाओं और पदों का फिर से वर्गीकरण किया गया है कैबिनेट ने पीएमसीएच में किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने के लिए ट्रास प्लांट और नैफ़ोलॉजी विभाग में विभिन्न स्तर के अठासी नये पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल रात आंधी पानी और वज्रपात की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर तेईस हो गयी है औरंगाबाद और गया में सबसे अधिक दस लोगों की मौत हुई है मुंगेर और कटिहार में आठ जबकि नवादा तथा शेखपुरा में चार लोगों की पुष्टि हुई है रोहतास जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गयी राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंधी पानी और वज्रपात की घटनाओं में जानमाल के भारी नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न हादसों में मारे गये लोगों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है उधर मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलापूर गांव में विषाक्त भोजन खाने से आज एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गयी प्रलिस सूत्रों ने बताया कि शुरूआती जांच में पता चला है कि बच्चों ने एक दुकान से लड्ड्र खरीदकर खाया था जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गयी इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गयी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष की दसवीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग सतासी प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं आज जारी परिणाम में एकबार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है लड़कियों का सफलता का प्रतिशत अठासी दशमलव तीन दो रहा है जबकि पचासी दशमलव छह सात फीसदी लड़कों ने सफलता प्राप्त की है इस बार चार परीक्षार्थियों प्रखर मित्तल रिमझिम अग्रवाल श्रीलक्षमी और नंदनी गर्ग ने संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान प्राप्त किया है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है श्री कुमार उन्नीस सौ चौरासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वहीं बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई विभागों के प्रधान सचिवों का स्थानांतरण किया गया है शशि शेखर शर्मा नये विकास आयुक्त बनाये गये हैं मयंक वड़वड़े को दरभंगा प्रमंडल जबकि टीएन विंधेश्वरी को मगध प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है कोसी प्रमंडल की आयुक्त सफीना एएन को पूर्णिया प्रमंडल के कमिश्नर का प्रभार दिया गया है राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों तथा कर्मियों के वेतन भूगतान में विलंब पर नाराजगी जतायी है आज राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री मलिक ने कर्मियों के सेवांत लाभ के मामलों का निष्पादन और भुगतान सही समय पर करने को कहा राज्यपाल ने अधिकारियों को बीएड पाठयक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सफल बनाने के निर्देश दिये कटिहार जिले के शरीफगंज इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में एक बच्चे को निर्ममता से पीटने के मामले में पुलिस ने दो छात्रों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले में स्कूली छात्र के अपहरण थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी देने और फर्जी अपहरण कांड को अंजाम देने के आरोप में दस लोगों को जेल भेज दिया गया है सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कालाबाजारी के लिए ले जाये जा रहे दो सौ अठारह बोरा चावल जब्त किया है इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है गया कोडरमा रेलखंड के मानपूर जंक्शन के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव के कारण सियाल्दाह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के पांच यात्री घायल हो गये